उधर इंदौर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या डेढ़ सौ तक पहुंच गई है

इधर भोपाल के तलैया थाना क्षेत्र के इस्लामपुरा में कल रात कुछ लोगों द्वारा पुलिस पर हमला कर दिया गया जिससे दो पुलिस कर्मचारी घायल हो गए पुलिस ने इस मामले में दर्जन भर लोगों पर मामला दर्ज किया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस बल पर हए हमले की कडे शब्दों में निंदा करते हुए आज कहा कि कोरोना की इस महामारी से बचाव में जुटे पुलिस बल पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा उधर कोरोना संकमण की रोकथाम कार्य में लापरवाही बरतने के मामले में विदिशा जिले के दो चिकित्सकों को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है सतना जिले में सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराने के बीच इसका उल्लंघन करने पर सौ से ज्यादा वाहन जब्त किए गए हैं

मुरैना में दुबई से वापस लौटे कोरोना संक्रमित एक सख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है

नीमच से हमारे संवाददाता ने बताया है कि लॉकडाउन के दौरान मनासा के निवासी सेना में पदस्थ जवान छटटी के दौरान जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं उधर सिवनी में जिला प्रशासन द्वारा कर्फ्यू में जरूरतमंदों तक भोजन और राशन सामग्री पहंचाई जा रही है उमरिया जिले में सुबह शाम पुलिस द्वारा फ्लेगमार्च किया जा रहा है आगर मालवा जिले में भी पूरी तरह से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है यहां सिर्फ मेडीकल स्टोर्स पेट्रोलपंप और रसोई गैस को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है टीकमगढ़ जिले में आगनबाड़ी केन्द्रों पर भीड़ न हो इसके लिए घरों तक पोषण आहार पहुंचाया जा रहा है

रायसेन जिले के सतलापुर थाना प्रभारी गिरीश दुबे ने स्टाफ के लिए ऐसा सेनीटाइजर तैयार करवाया है जिससे कर्मचारी थाने में प्रवेश करते ही फव्वारे से सेनीटाइज हो जायेंगे

श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि हमें सुरक्षित दूरी बनाए रखने जैसे निर्देशों का पालन करना चाहिए जिससे स्वयं के साथ औरों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि विश्व स्वास्थ्य दिवस हमें वर्ष भर स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए प्रेरित करेगा संक्षिप्त समाचार श्योपुर में संपूर्ण बंद के दौरान पैदा हुए नवजात के पिता ने उसका नाम लॉकडाउन रखा

पुलिस के मुताबिक आरोपी प्याज की बोरियां चुराकर ले जा रहे थे